प्रदेश में चार चरणों में वोट डाले जा रहे हैं इन लोकसभा सीटों पर मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है

मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ बालाघाट जिले के नक्सली प्रभावित तीन क्षेत्रों में मतदान चार बजे तक होगा शेष स्थानों पर शाम छह बजे तक मतदान किया जा सकेगा

छिन्दवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी आज मतदान हो रहा है मतदान केन्द्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं वहीं चुनाव आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं बुजुर्गो और दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम किये गये हैं नामांकन प्रदेश में आखरी चरण में आठ लोकसभा क्षेत्रों इन्दौर उज्जैन देवास धार मंदसौर रतलाम खरगोन और खंडवा में नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है इन्दौर में भाजपा प्रत्याशी शंकर ललवानी और कांग्रेस के पंकज संघवी ने अपना नामांकन दाखिल किया इस दौरान दोनो पार्टियों के वरिष्ठ नेता मौजद थे उधर खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा उम्मीदवार नंदकुमार सिंह चौहान आज नामांकन पत्र जमा करेंगे गर्मी सूर्य की किरणें धरती पर लम्बवत् पड़ने कोई व्हैदर सिस्टम नहीं होने के साथ साथ हवाओं का रुख पश्चिमी होने के कारण देश के साथ साथ प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है कल महाराष्ट्र के अकोला के बाद प्रदेश का खरगोन जिला सर्वाधिक गर्म रहा

जिले में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है